वे प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत साढ़े आठ करोड़ किसानों के लिए सत्रह हजार करोड़ रुपये के कोष की छठी किस्त भी जारी करेंगे केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे केन्द्रीय मंत्रिमंडल एक लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत वित्तीय सुविघा की इस योजना को मंजूरी दे चुका है यह कोष फसल कटाई के बाद प्रबंधन के आधारभूत ढांचे और शीत भण्डारण संग्रह केन्द्रों तथा प्रसंस्करण इकाईयों जैसी सामुदायिक कृषि परिसम्पत्तियों के विकास के लिए होगा ये सुविधाए उपलब्ध होने से किसानों को अपनी उपज की अधिक कीमत मिल सकेगी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गौतमवुद्ध नगर में नोएडा के सेक्टर उन्तालीस में अत्याध्निक सुविधाओं वाले चार सौ बिस्तर के समर्पित कोविड नाइन्टीन अस्पताल का उदघाटन किया हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जिले में कोविड की स्थिति की भी समीक्षा की अत्याधुनिक सुविधाओ से लैस ये अस्पताल टाटा ट्रस्ट और बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की मदद से तैयार किया गया है

आठ मंजिला इस अस्पताल में खुद की डायगनोस्टिक तैब और ब्लड बैंक भी है और ये कोविड के मरीजों के लिए नोएडा जैसे राहर में एक प्रीमियर सुक्षायों वाला अस्पताल बन गया है भारत छोडो आंदोलन की अठहत्तरवीं वर्षगांठ के अवसर पर आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उन्नीस सौ बयालिस में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए भारतीयों से करो या मरो का आहवान किया था यह आंदोलन मम्बई में ग्वालिया टैंक से आरम्भ हआ था प्रतिवर्ष आज का दिन अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत छोड़ो आंदोलन दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्वाजलि दी श्री जावड़ेकर ने व्रिटिश शासन से भारत को आजाद कराने के लिए दिए गए बलिदान को याद किया देश में अब तक क्ल चौदह लाख सत्ताईस हजार से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हए हैं कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर अडसठ दशमलव तीन दो प्रतर्शित हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारों ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान इकसठ हजार पांच सौ सैंतीस लोग संक्रमित हए इसके साथ ही कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बीस लाख अटठासी हजार नौ सौ बारह हो गई है इनमें से छः लाख उन्नीस हजार अटठासी रोगियों का उपचार चल रहा है आकाशवाणी से कोविड संक्रमण पर लाइव फोन इन कार्यक्रम में दिल्ली के राममनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ए के वार्षणेय ने बताया कि बंद कमरों में कोरोना संक्रमण आसानी से फैल सकता है उन्होंने कहा कि संकमण की आशंका कम करने के लिए हवा की पर्याप्त आवाजाही सुनिश्चित रखना आवश्यक है जब भी बारिश खुले एरिया में होगी तो वो बहुत तेजी से जो है वायरस इंचर से उद्यर हवा में स्प्रैड हो जाएगा या नीचे गिर जाएगा और ड्राई एरिया होगा तो वहां पर वायरस थोड़ी देर रहता है और उसके बाद उसकी रेथ हो जाती है तेकिन अगर वो बंद एरिया है वॉटिलेशन नहीं हो रहा है तो वायरस चसी एरिया में लगातार सर्जुलेट करता रहता है कोशिश यही करें कि अगर वॉटिलेशन पॉसीबल है दरवाजे जैसे चनमें डोर क्लोजर लगे हुए हैं तो चनको आप या तो हटा सकते हैं या डोर क्लोजर को रोकने के लिए कएँ जिससे कि वो दरवाजा खुला रहे वेंटिलेशन बना रहे

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात नौ बजकर तीस मिनट पर आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा

श्रोता टोल फ्री नम्बर एक आठ शन्य शन्य एक एक पांच सात छः सात और शन्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार चार पर फोन करके अपने सवाल पुछ सकते हैँ प्रदेश में कल रात दस बजे से अगले पचपन घंटों के लिए विभिन्न प्रतिबंध लागू हो गए सोमवार सुबह पांच बजे तक जारी रहने वाले इन प्रतिबयों के दौरान राज्य में सभी कार्यालय बाजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान शहरी व ग्रामीण हाट तथा गल्ला मंडी बंद हैं औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन को प्रतिबंधों से छट दी गई है साथ ही स्वास्थ्य विभाग सहित आवश्यक सेवाओं वाले विभाग भी खुले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए राज्य में प्रत्येक शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी की घोषणा की है इस दौरान प्रदेश में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है गोरखपुर में भी आज नगर निगम ने नगर के प्रमुख बाजारों सार्वजनिक स्थानों और हॉटस्पॉट क्षेत्रों में साफ सफाई का विशेष अभियान चलाया जलजनित और वेक्टरजनित बीमारियों पर रोकथाम के लिए रसायन का छिड़काव किया गया